जीएसटी वाणिज्यिक कर विभाग ने वस्तु एवं सेवा कर की व्यावहारिक कठिनाईयों को दूर करने के लिय प्रदेश के तहसील और ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित करने का निर्णय लिया है यह फैसला आज भोपाल के गोविन्दपुरा औद्योगिक क्षेत्र में आयोजित एक कार्यशाला में लिया गया

दिग्विजय वरिष्ठ कांग्रेस नेता और मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आज नरसिंहपुर में कार्यकर्ताओं को एकता का पाठ पढाते हुए कहा कि एकजुटता से ही प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन सकती है श्री सिंह की एकता यात्रा आज सुबह यहां पहुंची उन्होंने कहा कि प्रत्याशी का चयन होने के बाद भी सभी को एकजुट होकर कार्य करना होगा भाजपा सरकार को उखाड फेकने के लिए एकता की जरूरत है उन्होंने कहां कि एकजुट होकर सभी कार्य करे गुटबाजी और मतभेद को भुला कर कांग्रेस को सत्ता मे लाने प्रयास करे इसके बाद भी किसी को कोई शिकायत या मनमुटाव है तो वह उनसे सीधे बात कर सकते हैं प्रशासनिक सेवा प्रदेश में आज भारतीय प्रशासनिक सेवा के आठ अधिकारियों के तबादले किए गए हैं दो जिलों हरदा और मंडला के कलेक्टर भी बदले गए हैं भोपाल में आज जारी आदेश के अनुसार हरदा कलेक्टर अनय कुमार द्विवेदी को श्रीमती सूफिया फारुकी वली के स्थान पर मंडला का कलेक्टर बनाया गया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन संचालक एस विश्वनाथन को श्री द्विवेदी के स्थान पर हरदा कलेक्टर पदस्थ किया गया है श्रीमती वली को राज्य नागरिक आपूर्ति निगम का प्रबंध संचालक नियुक्त किया गया है

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे संचालक नगर और ग्राम निवेश ने बताया कि इस राष्ट्रीय सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों के विशेषज्ञ प्रदेश के संदर्भ में टीडीआर टीओडी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार रखेंगे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्देश्य प्रदेश के सर्वांगीण विकास की नई दिशा सुनिश्चित करना और अधिकाधिक निवेश आकर्षित करना है कावड यात्रा विदिशा जिले में इन दिनों एक अनूठी कांवड़ यात्रा सबके आकर्षण का केंद्र बनी हुई है जिले के शमशाबाद के कांवड़िए देश पर अपनी जान न्यौछावर करने वाले शहीदों की स्मृति में कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं ये कांवड़िए हाथों में तिरंगा लिए हुए बम बम भोले की गूंज करते हुए कांवड़ लेकर निकले हैं ये कांवड़िए जिले की बेतवा नदी का जल लेकर शमशाबाद के भगवान रामदेव मंदिर में अपनी यात्रा समाप्त करेंगे कांवड़ यात्रियों ने बताया कि आस्था के साथ देश के शहीदों को श्रद्वांजलि देने और राष्ट्र में अमन और शांति की कामना के साथ ये यात्रा निकाली जा रही है

जगन्नाथपुरी तीर्थ स्थल के दर्शन के लिए अलग अलग तिथियों में विभिन्न जिलों से यात्री रवाना होंगे

आयोजन के संबंध में आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय ने जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किये हैं जिला शिक्षा अधिकारियों से कहा गया है कि खेल दिवस पर स्कूलों में आयोजित होने वाली खेल प्रतियोगिताओं में अधिक से अधिक से विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाये समारोह में उन व्यक्तियों और स्वयंसेवी संगठनों को भी आमंत्रित किया जाये जो स्वेच्छा से सरकारी स्कूलों में खेल सामग्री वितरित करना चाहते हों

प्रदेश के सभी जिलों में शिवालयों में भक्तों का तांता लगा रहा उज्जैन स्थित भगवान महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिये दूर दूर से श्रद्वालू पहुंचे हमारे उज्जैन संवाददाता ने बताया है कि भगवान महाकालेश्वर आज भक्तों का हालचाल जानने के लिये नगरभ्रमण पर निकले वहीं खण्डवा जिले की तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में पालकी में भगवान ओंकारेश्वर और भगवान ममलेश्वर की सवारी निकाली गई आगरमालवा जिले में भी भगवान बैजनाथ महादेव के दर्शन करने के लिये दूर दूर से श्रद्वालु पहुंचे देवास में सिद्वेश्वर महादेव के दर्शन के लिये शिवालयों में भीड़ देखी गई शिवपुरी नीमच सतना ग्वालियर नरसिंहपुर जिलों के मन्दिरों में भी सावन के दूसरे सोमवार पर पूजा अर्चना हुई मानव अधिकार आयोग मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने राजधानी भोपाल के ईदगाह हिल्स क्षेत्र में संचालित एक मूक बधिर सेंटर में बच्चियों के शोषण किए जाने के मामले को संज्ञान में लिया है आयोग की आज जारी विज्ञप्ति में अध्यक्ष न्यायमूर्ति नरेन्द्र कुमार जैन ने भोपाल के ईदगाह हिल्स क्षेत्र में संचालित मूक बधिर बच्चियों के सेंटर में बाबा द्वारा ताबिज देने के नाम पर उत्पीड़ित बालिकाओं के भोपाल से भागकर इन्दौर पहुंचने और इन्दौर पुलिस में शिकायत करने के मामले में संज्ञान लिया है आयोग ने इस संबंध में पुलिस उप महानिरीक्षक भोपाल एवं इन्दौर से प्रतिवेदन मांगा है चुनाव लापरवाही भिंड जिले में निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर एक शिक्षक को निलंबित कर दिया गया और तहसीलदार सहित पांच को नोटिस जारी किया गया है

मामला सामने आने पर कलेक्टर आशीष गुप्ता ने तहसील निर्वाचन कार्यालय में अटैच शिक्षक सुरेंद्र पाल जादौन को निलंबित कर दिया लोकायुक्त कार्यवाही इंदौर नगर निगम में बेलदार के पद पर पदस्थ एक कर्मचारी के करीब पांच ठिकानों पर आज लोकायुक्त के दस्ते ने छापेमार कार्यवाही में शुरुआती जांच में ही करीब एक करोड़ रुपए से अधिक की अनुपातहीन संपत्ति पाई है लोकायुक्त इंदौर अधीक्षक दिलीप सोनी ने बताया कि निगम के बेलदार असलम खान के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के संबंध में कई शिकायत भिली थी जिस पर ये कार्यवाही की गई

सर्वाधिक वर्षा मंडला में और सबसे कम अलीराजपुर में दर्ज की गई है सामान्य से अधिक वर्षा वाले जिले मुरैना सिंगरौली नीमच दतिया और भिण्ड हैं

इसके बाद श्री सिंह देवास के लिये रवाना हो जायेंगे